आईआईटी मद्रास में भारत सिंगापुर हेकेथॉन के दूसरे संस्करण के छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष सिंगापुर में आयोजित हेकेथॉन में प्रतिस्पर्धा पर विशेष जोर था और इस बार दोनों देशों के छात्र समस्याओं के समाधान पर काम कर रहे हैं

इस आयोजन के तीन मुख्य विषयों में अच्छा स्वास्थ्य गृणवत्ता परक शिक्षा और सस्ती तथा स्वच्छ उर्जा शामिल हैं आयुष्मान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि यह गर्व की बात है कि पिछले एक वर्ष में पचास लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज का लाभ उठाया आज नई दिल्ली में आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह योजना न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय है उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना संघीय ढांचे का बेहतर उदाहरण बन सकती है उन्होंने कहा कि विश्व के लोग अब आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानना और इसी तरह की योजना अपने देश में लागू करना चाहते हैं झाबुआ उपचुनाव झाबुआ उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित आधा दर्जन मंत्री मौजूद रहे इससे पहले श्री भूरिया और श्री नाथ ने जनसभा को भी संबोधित किया वहीं भाजपा उम्मीदवार भानु भूरिया भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है नामांकन दाखिल करने के साथ ही चुनाव प्रचार भी अब तेज हो जाएगा

इस सूची में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और थावरचंद गहलोत के नाम शामिल हैं

इनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है वायुसेना एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आज भारतीय वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया उन्होंने वायुसेना प्रमुख के पद से आज सेवानिवृत्त हुए बीएस धनोआ की जगह ली

वायुसेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद राष्ट्रीय युद्व स्मारक जाकर उन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को श्रद्वांजलि दी

वहीं सागर ग्वालियर होशंगाबाद भोपाल और इंदौर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी राजधानी भोपाल में आज सुबह से धूप खिली हुई थी लेकिन दोपहर होते होते अचानक बारिश का मौसम बन गया

सुपरहित फिल्म शोले में कालिया के किरदार ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बनाया